आज सत्र की शुरुआत शोकोदगार से होगी विधानसभा के पूर्व सदस्य पंडित शिव लाल चौधरी विद्या सागर और शिव कुमार के निधन पर शोक प्रस्ताव रखे जायेंगे

वहीं मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि सरकार विपक्ष के सभी सवालों का जवाब देने को तैयार है इस बीच कृषि मंत्री रामलाल मारकंडा के काजा में फंसे होने का समाचार है उन्होंने मुख्यमंत्री से हैलीकॉप्टर के माध्यम से एयर लिफ्ट करवाने की मांग की है ताकि वे मॉनसून सत्र में शामिल हो सकें बैठक विपक्ष दूसरी ओर सत्र पर अपनी रणनीति तैयार करने के लिए विपक्षी दल कांग्रेस ने देर शाम विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया

इस दौरान समिति प्रदेश विधानसभा के मॉनसून सत्र की कार्यवाही को देखेगी और साथ ही प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल से ई विधान प्रणाली पर चर्चा करेगी

प्रधानमंत्री ने लोगों के साथ अपने विचारों को साझा करने के लिए आमंत्रित किया है

इनमें से कुछ संदेश कार्यक्रम में शामिल किए जा सकते हैं

मौसम प्रदेश में मॉनसून की वर्षा का क्रम अधिकांश क्षेत्रों में आज भी रूक रूक कर जारी है भारी बारिश से जहां प्रदेश में जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ है वहीं राष्ट्रीय राजमार्गो सहित सँकड़ों अंदरूनी सड़कें अवरूद्व होने से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है मौसम विभाग ने आज मौसम में कुछ सुधार होने की संभावना जताई है जबकि प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में भारी से बहुत भारी बारिश होने की चेतावनी जारी की है अब एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर आज अधिकांश समाचार पत्रों ने भारी बारिश से हुई तबाही से जुड़ी खबर को सचित्र प्रकाशित किया है

आपका फैसला लिखता है लाहुल भरमौर में बर्फबारी कुल्लू मंडी में नदी नाले उफान पर

दैनिक जागरण मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के हवाले से लिखता है लोगों व पर्यटकों की सुरक्षा सुनिश्चित करें उपायुक्त दिव्य हिमाचल की सुर्खी है सभी जिलाधीश रहें अलर्ट स्थिति देख समय पर बंद करें स्कूल पंजाब केसरी का शीर्षक हे सभी जिलाधीशों को स्थिति पर कड़ी निगरानी रखने के निर्देश हिमाचल दस्तक के शब्द हैं मुख्यमंत्री बोले जल्द खोलेंगे बंद सड़कें

पंजाब केसरी के मुताबिक विधानसभा का मॉनसून सत्र आज से हंगामें के आसार दिव्य हिमाचल के अनुसार तीन पूर्व विधायकों को श्रद्दांजलि से शुरू होगा मॉनसून सत्र

नमस्कार